अरुणाचल के गृह आयुक्त द्वारा बुलाई गई इस बैठक में ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉकिन्नी सिंह प्लिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह धेमाजी जिले के जिला उपायुक्त नरसिंग पवार और पुलिस अधीक्षक धनजंय धनावत लोअर सियांग शी योमी अपर सियांग वेस्ट सियांग़ अपर सुबनसिरी और लेपारादा जिले के उपायुक्तों और पुलिस अधिक्षकों ने हिस्सा लिया बैठक में अपर सियांग जिले के तुतिंग के पास ध्ररबा पाठक की हत्या की निंदा करते हुए जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया गया धेमाजी जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिलि के पास राजमार्ग को क्लियर कर दिया गया है और अरुणाचल के वाहन स्चारु रुप से आवागमन कर रहे हैं बैठक के दौरान दोनों राज्यों के वाहनों के आवागमन लोगों की सुरक्षा नागरिकों गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों के लोगों को जागरुक करने पर चर्चा कि गई अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक को नियमित अंतराल पर करने प्रत्येक विवाद पर त्रंत कार्रवाई करने और सर्वमान्य हल निकालने का निर्णय लिया गया ताकि असमाजिक तत्व इसका लाभ न उठा सके दोनों राज्यों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए ड्राइवरों और हेल्पर्स के लिए सुरक्षित ठहरने की व्यवस्था करने नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने और त्वरित एवं सुरक्षित कार्रवाई के लिए हेल्प लाईन नंबर्स श्रु करने पर सहमति बनी

इस बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक फॉरेन ट्रेड ग्वाहाटी शशि कुमार सियांग जिले के उपाय्क्त राजीव ताक़क राज्य के व्यापार और वाणिज्य विभाग के निदेशक तोकोंग पर्टिन ए डी सी आलो लीबागरा लेपारादा के ई ए सी जीदोकेन यिंकियोंग के ई ए सी मकब्ल सिरम वेस्ट सियांग के डी डी आई गोमर अंग्र सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे इस अवसर पर वाणिज्य विभाग के निदेशक तोकोंग पर्टिन ने समय पर कार्यक्रमों को लागू करने पर जोर दिया बैठक के दौरान ग्रामीण स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब के रुप में विकसित करने पर चर्चा की गई

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है और वर्तमान में एक हजार बयासी रोगियों का इलाज चल रहा है कल दर्ज किए गए नए मामलों में वेस्ट कामेंग जिले से पांच ईटानगर राजधानी क्षेत्र और वेस्ट सियांग से चार चार चांगलांग से तीन तवांग और ईस्ट सियांग़ से दो दो पाक्के केसांग अपर सुबनसिरी लोअर सुबनसिरी लोअर दिबांग वैली और अपर सियांग से एक एक मामले शामिल हैं

वोलक फॉर लोकल की अवधारणा से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने कई कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर और इंटरनेट पर मध्मक्खी पालन से संबधित रिसर्च नोट पढ़कर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर मध्मक्खी पालन के तरीके मेम सुधार किया है